प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल कई जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गोटेगॉव एसडीएम को दो लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया

मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्रर मोदी ने आशा व्यक्त की है कि भारत आज की तमाम चुनौतियों से निपटते हुए विश्व में अपना सही स्थान बना लेगा उन्होंने कहा कि सरकार की किसी भी योजना की सफलता जनता की भागीदारी में निहित है सूचना टेक्नॉलाजी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के पेशेवरों तथा औद्योगिक प्रमुखों के साथ कल नई दिल्ली में वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोग दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए कार्य करके उसमें अनुकूल बदलाव भी लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा टेक्नॉलोजी का फायदा बेहतरीन तरीके से उठा रहे हैं और इसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि द्रसरों के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं जो एक शानदार संकेत है महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी को समान अवसर मिलें उन्होंने कहा कि और अधिक संख्याण में लोग करों का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन है कि उनका पैसा सही तरीके से जनता की भलाई में लगाया जा रहा है

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उनके समर्पण वैश्विक आर्थिक वृद्धि की मजबूती के लिए किये गये प्रयासों और भारत में मानव विकास को गति देने के लिए श्री मोदी को इस पूरस्कार के लिए चुना गया है श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार देने और भारत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए दक्षिण कोरिया का आभार प्रकट किया है उन्होंने पुरस्कार स्वीकार कर लिया है

छापामार कार्यवाही आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश मे नशीले पदार्थो के अवैध करोबार पर लगातार छापेमार कार्यवाही की जा रही है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने सभी जिलों को निर्देश दिये है कि विधान सभा चूनाव निष्पक्ष पारदर्शिता नैतिकता और निर्भीक रूप से कराने के लिये प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जाये

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दो किलोमीटर और पांच किलोमीटर की मैराथन दौड़ में ॅशहर के नागरिको ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस दौरान दौड़ में शामिल लोगों ने मतदान करने की शपथ भी ली दौड़ में जिले के कई पुलिस और प्रशासनिक विभाग के अधिकारियो ने भी भाग लिया खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी कल एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया रैली शासकीय महाविद्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गो से होते हए कन्याशाला स्कूल मैदान पर समाप्त हुई इस रैली में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही पंचायत सचिव और बीएलओ भी शामिल हुए उधर छतरपुर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से मतदान जागरूकता रैली निकाली गयी रैली में शामिल महिलाओं के हाथ में मतदान करने की अपील वाली तंख्तियां थी नोटा नोटा यानि नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं का विकल्प मतदान के दौरान अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीद्वार को वोट नहीं करना चाहता तो वो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है

कार्रवाई नरसिंहपुर के बाहर बने झोतेश्वर रेस्ट हाउस में हुई

जिसकी शिकायत उन्होंने जबलपुर लोकायुक्त से की थी इसके बाद लोकायुक्त ने फरियादी के साथ मिलकर को एसडीएम को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई

मामले में एक गुमनाम शिकायत पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी

जांच में यह भी सामने आया था कि इस मामले में एक अन्य आरोपी अमर सिंह सिसोदिया ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया इसी दौरान मध्यस्थ आरोपी अमर सिंह सिसोदिया की मौत हो गई सीबीआई ने इस मामले में आरोपी आशीष अवलिया और जयसिंह होंडा के खिलाफ जांच के बाद चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था कार हादसा खरगोन जिले के गोगांवा थाने खारदा फाटे के पास कल एक कार अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी की नहर मे गिर गई

बताया जा रहा है की एनव्हीडीए के इंजीनियर सीके दीवान अपनी पत्नि सहित दो बच्चो के साथ खरगोन से गोगांवा लौट रहे थे गोगांवा थाने के खारदा फाटे के पास अनियंत्रित कार नर्मदा की नहर में जा गिरी शव को नहर मे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा बीती रात पूरे प्रदेश में पारंपरिक श्रद्वाभाव से मनाई गई इस अवसर पर अनेक कार्यकम आयोजित किये किये राजधानी भोपाल में खीर वितरण के कार्यकमों के साथ ही बड़ी झील में भगवान बटेश्वर को नौका विहार कराया गया इन्दौर में भी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और खीर वितरण कार्यक्रम किये गये खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर कल शरद पूर्णिमा आस्था भक्ति के साथ मनाई गई यहां बीती रात हजारों भक्त अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए रतजगा करते रहे वहीं इस अवसर पर आगर मालवा जिले में भी विभिन्न मंदिरों की सजावट की गई थी रात बारह बजे भगवान की आरती उतारी उतारने के बाद चंद्रमा की धवल चांदनी में रखी गई खीर का वितरण किया गया पन्ना में शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रणामी संप्रदाय के कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हो हुए